केन्द्र सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित घोटाला मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिये

उन्होंने बताया कि श्रमिक महिलाओं के कल्याण के लिये अप्रैल महिने से एक योजना श्रू की जायेगी जिसमे गर्भवती महिलाओं को छह महिने के बाद से प्रसव तक के बीच चार हजार रूपये पोष्टिक आहार के लिये दिये जायेंगे

गरीब मजदूरों के बच्चों को पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा मुफ्त दी जायेगी उन्होंने कहा कि कि कोई भी मजदूर बिना जमीन और बिना आवास के नहीं रहेगा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपना जन्म दिन बाल निकेतन में अनाथ बच्चों और वृद्ध आश्रम आश्रा में बुजुर्गों के साथ मनाया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से श्री चौहान को बधाई देते हुए लिखा कि उनकी विनम्रता ने उन्हें समाज के सभी वर्गों के बीच लोकप्रिय बना दिया है और उनकी कड़ी मेहनत ने मध्यप्रदेश को बदल दिया है भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लोक सभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन समेत कई केन्द्रीय और राज्य के मंत्रियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं भोपाल स्थित उनके निवास पर आज उन्हें बधाई देने का क्रम सुबह से ही शुरू हो गया था

भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस अवसर पर अस्पतालों और विभिन्न सावर्जनिक स्थलों पर फल और वस्त्रों का वितरण किया गया वहीं जिला स्तर पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया उमरिया में भी सागरेश्वर धाम में विशेष सफाई अभियान चलाया गया राज्यसभा अधिसूचना मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए रिक्त होने वाले पांच स्थानों की पूर्ति के लिए आयोग द्वारा द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो गई आयोग ने इस निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह को रिटर्निंग ऑफीसर और संचालक पूनीत कुमार श्रीवास्तव को सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त किया है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

मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग ने बालाघाट में स्कूल गए छात्र पर दीवार गिरने से उसकी मौत समेत कई अन्य मामलों में संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा है आयोग ने बालाघाट के कोथुरना गांव स्थित शासकीय प्रायमरी स्कूल के बाथरूम की जर्जर दीवार गिर जाने के कारण पहली कक्षा के छात्र की मृत्यु होने के मामले में कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा है आयोग ने मंडीदीप में मकान मालिक द्वारा किराएदार से द्वष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दिये जाने की घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक रायसेन से प्रतिवेदन मांगा है वहीं भिंड के गोहद में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा बूज़ुर्ग को इंजेक्शन लगाने के पन्द्रह मिनिट बाद मौत के मामले में पूलिस अधीक्षक भिण्ड से जांच कर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन मांगा गया है रजिस्ट्री कार्यालय वित्तीय वर्ष के इस आखिरी महिने में राजस्व आय जुटाने के उद्देष्य से रजिस्ट्री कार्यालय अवकाष के दिनों मे भी खोले जाएगे

उपपंजीयक कार्यालय में रोज रजिस्ट्रीयां होगी और देर रात तक काम चलेगा ऐसा लोगों की सुविधा के लिये किया गया है ताकि नई गाइड लाईन आने से पहले जरूरतमंद प्लाट मकान जमीन कृषि भूमि का विक्रय पत्र रजिस्टर्ड आसानी से करा सकें

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के बाहर कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों की मांगे स्वीकार कर ली हैं और मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिये हैं उन्होंने प्रदर्शनकारियों से विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की

प्रदेश में इसके पहले एक मार्च से बारहवीं की परीक्षा शुरु हुई

परीक्षाओं में नकल पर लगाम लगाने के लिये विभाग द्वारा विषेष दलों का गठन किया गया है

मुरैना पुलिस ने सुबह बागचीनी क्षेत्र में पांच छात्रों को दूसरे परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा र्देते हुए पकड़ा वहीं दिमनी क्षेत्र में एक निजी स्कूल के शिक्षक को अपने स्कूल के बच्चों को नकल कराते हुए गिरफ्तार कर लिया गया नकल के मामलों के बीच कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने नकल पकड़ने वाले पर्यवेक्षकों को पांच हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है

इस बार मुख्यमंत्री ने नागरिकों से प्रदेश के विकास के लिये सुझाव मांगे हैं

मिशन अंत्योदय मुख्य सचिव बंसत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मिशन अंत्योदय की संस्थागत व्यवस्था के लिए राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का गठन किया गया है समिति में विकास आयुक्त पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को संयोजक तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को सदस्य सचिव मनोनीत किया गया है मिशन अंत्योदय की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति द्वारा आयोजना कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए नीति प्रक्रियाओं और प्रणालियों का निर्धारण किया जाएगा विजय शाह इंदौर कंधे के दर्द से परेशान प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह को बेहतर उपचार के लिए इंदौर भेजा गया है उन्हें कंधे में दर्द की शिकायत पर कल खंडवा जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था प्रारंभिक जांच में हृदय सम्बन्धी या इससे जुड़ी गंभीर बीमारी के संकेत नहीं मिले हैं मांसपेशियों के खिंचाव की वजह से उन्हें यह दर्द उठा है पूर्व सीएम पुण्यतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की सातवीं पुण्यतिथि पर उनकी कर्मस्थली सीधी जिले के चुरहट में छह मार्च को श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी

डाक्टर रिश्वत सागर की लोकायुक्त पुलिस ने पन्ना जिले के शाहनगर में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक डॉक्टर को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ा डॉक्टर एन के जसूजा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के तथ्य उल्लेख करने के नाम पर दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी शिकायत की जांच के उपरांत आज लोकायुक्त निरीक्षक के नेतृत्व में गठित ट्रेप दल ने डॉ जसूजा को उप स्वास्थ्य केंद्र में ही आवेदक से एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है